कल केन्द्रीय मंत्रिमण्डल ने ई सिगरेट के उत्पादन आयात वितरण और बिक्री पर अध्यादेश को स्वीकृति दी थी इस मामले पर गठित मंत्री समृह की अध्यक्ष वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि मंत्रिमण्डल ने ई सिगरेट और इस तरह के अन्य उत्पाद जो विशेषकर युवाओं के लिए हानिकारक हैं उनपर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है उन्होंने कहा कि इस मामले में संसद के अगले सत्र में विधेयक लाया जाएगा हमारे संवाददाता ने बताया कि अब ई सिगरेट का उत्पादन आयात निर्यात लाने ले जाने बिक्री और उसका विज्ञापन संज्ञेय अपराध होगा पहली बार उल्लंघन करने वालों को एक साल की कैद तथा एक लाख रूपये जुर्माने का प्रावधान है अपराध को दोहराने पर तीन साल की जेल और पांच लाख रूपये का जुर्माना या दोनों हो सकता है ई सिगरेट का भंडारण करने वालों को छह महीने की जेल की सजा या पचास हजार रूपये का जुर्माना या दोनों हो सकता है

बैठक में किफायती कर्ज का दायरा बढ़ाने के लिये रेपो दर से जुड़े बैंकिंग सेवाओं पर चर्चा होगी बैंकिंग सुविधा घर घर पहुंचाने सूक्ष्म लघू और मध्यम उद्यमों के ऋणों की निगरानी करने छोटे व्यापारियों की कर्ज आवश्यकताओं लघु वित्तीय संस्थानों तथा बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों के बीच सहयोग के मुद्दों पर भी चर्चा की जा सकती है पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रहा है श्री जावड़ेकर ने नई दिल्ली में कहा कि देश ने श्री मोदी के नेतृत्व में इस दिशा में कई उपाय किये हैं उन्होंने कहा कि विश्व न्यूयॉर्क में होने वाले संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में श्री मोदी को सुनने के लिए उत्सुक हैं चाहे बीए छः में परिवर्तन करने का हो वन क्षेत्र बढ़ने का हो या इंड्स्ट्री की एनर्जी एफिसिएशी सुधार के एनर्जी इंटेसिटी कम करनी हो पेरिस में जो लक्ष्य भारत के लिए पूरा हम कर रहे हैं और बहुत सारे नये प्रयोग भी किए हैं तो ये सारी बातें दुनिया के सामने आएंगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कहा कि केन्द्र सरकार की कई योजनाओं को लागू करने में उनका राज्य पहले स्थान पर आ गया है मुख्यमंत्री के रूप में ढाई साल पूरा होने पर लखनऊ में अपने निवास पर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि अब राज्य को दस खरब डॉलर वाली अर्थव्यवस्था बनाने पर काम चल रहा है उन्होंने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति में काफी सुधार हुआ है और उनकी सरकार के पिछले तीस महीनों में राज्य में कोई दंगा नहीं हुआ ब्यौरा हमारे संवाददाता से सरकार की उपलब्धियों की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जब उनकी सरकार सत्ता में आई तब किसानों की हालत बेहद खराब थी लेकिन पहले ही फैसले में उन्होंने किसानों का कर्ज माफ किया और उनकी आय को दोगुना करने के लिए कई कदम उठाए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के सबसे ज्यादा लाभार्थी हैं और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पूरे देश में सबसे ज्यादा पचीस लाख घर लाभार्थियों को दिए जा चुके हैं उन्होंने कहा कि अगले कुछ महीनों में डिफेंस कॉरिडोर में बीस से पचीस हजार करोड़ का निवेश होगा और इससे प्रदेश में दो लाख रोजगार का सुजन होगा सुशील चन्द्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ

इस तरह अब सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या अब तक की सबसे अधिक चौतीस हो गई है

इन नियुक्तियों के लिए कानून और न्याय मंत्रालय ने चार अलग अलग अधिसूचनाए जारी की हैं प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाले सर्वोच्च न्यायालय के कलिजियम ने अट्ठाईस अगस्त को इन नियुक्तियों का अनुमोदन किया था संसद ने हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय में प्रधान न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की संख्या इकतीस से बढ़ाकर चौंतीस की थी

यह समिति समय समय पर विभिन्न चरणों में सरकार को विषयवार अपने सुझाव देगी